सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर रानीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है उप राष्ट्रपति ने रांची में एक कार्यक्रम के उद्घाटना समारोह को संबोंधित करते हुये कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का है इस पर कोई बहस नहीं उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी दूसरे देश से कोई सलाह लेने और चर्चा करने की जरूरत नहीं है श्री नायडू ने कहा कि सदन में चर्चा के बाद ही अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने का फैसला हुआ है वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस कार्यसमिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव समेत कुल तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी राज्य में प्रोफेसरों की प्रोन्नति अब काम के आधार पर होगी विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिये नई नियमावली बनायी जा रही है राज्यपाल ने नई नियमावली बनाने के लिये तीन सदस्यीय कमिटी बनायी है इस तीन सदस्यीय कमिटी के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रास बिहारी सिंह है इस कमिटी में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति आर के वर्मा और भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लीला चंद साह सदस्य के रूप में शामिल हैं इस समय प्रोफेसरों को टाइम बॉण्ड और मेरिट प्रोमोशन के तहत प्रोन्नति दी है नये नियमावली लागू होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर को सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक पहुंचने के लिये दो तरह के प्रावधान किये गये हैं इसके तहत वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो पीएचडी धारी हैं उन्हें चार साल के अंदर सीनियर होने का मौका मिल जायेगा वहीं जो पीएचडी धारी नहीं हैं वे छह साल में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे स्वास्थ्य विभाग ने पीजी करने वाले डॉक्टरों को तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार के अधीन करने की बाध्यता को लागू कर दिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि तीन वर्षो की आवश्यक सेवा राज्य सरकार को नहीं देने की स्थिति में वैसे चिकित्सकों को पच्चीस लाख रूपये और इस अवधि में प्राप्त वेतन की राशि एक मुश्त वापस करनी होगी विभाग ने इस संबंध में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और दरभंगा मेडिकला कॉलेज अस्पताल के प्राचार्यो से पीजी डिग्री और डिप्लोमा करने वाले सभी चिकित्सक की सूची मांगी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के लिये वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड प्रदान किया गया है नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह सम्मान प्राप्त किया ये अवार्ड संपूर्ण व्यवस्था में एडवांस टेक्नोलॉजी से किये सुधारों के लिये मिला है बोर्ड ने वर्ष दो हजार उन्नीस में तकनीक के प्रयोग से इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट रिकॉर्ड समय में प्रकाशित किया केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उनका मंत्रालय देश के प्रत्येक कोने से प्रतिभावान खिलाडियों की खोज करेगा उन्होंने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस उद्देश्य के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं रिजिजू ने बताया कि उनका मंत्रालय विभिन्न खिलाडियों द्वारा चलाई जा रही खेल अकादमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है उन्होंने कहा कि इस वर्ष से पहली बार खेलों इंडिया के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे आज शहीद दिवस है आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ बयालीस में अगस्त क्रांति की शुरूआत हुयी थी देश की आजादी के लिये ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुये राज्य के सात युवा देशभक्त पटना स्थित सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के दौरान अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गये थे इधर शहीद खुदीराम बोस की पूण्य तिथि शहादत दिवस के रूप में मनायी जा रही है आज ही के दिन अंग्रेज हुकूमत ने ख़ुदीराम बोस को केंद्रीय जेल मुजफ्फरपुर में फांसी दी थी आज तड़के अमर शहीद ख़ुदीराम बोस के फांसी स्थल पर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने श्रद्वांजलि अर्पित किया इस मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ जिले के सभी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियो ने भी माल्यार्पण किया बक्सर जिले में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के बेहतर कार्यान्वयन से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है

रेल आरक्षण अधीक्षक सुजीत कुमार ने यह आदेश जारी करते हुये कहा कि कई पुलिस अवर निरीक्षकों की नई जगहों पर तैनाती की गयी है इधर पटना और नालंदा जिले के थानेदारों को दो माह में अब एक साथ तीन दिन की छुट्टी मिलेगी पटना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है पटना जीपीओ घोटाल मामले में डाक सहायक सुधीर कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है इसके पूर्व सहायक डाक पाल राजेश कुमार शर्मा सुजय तिवारी आदित्य कुमार और मुन्ना कुमार को पटना जीपीओ प्रशासन द्वारा निलंबित किया जा चुका है इधर डाक विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस घोटाले का मामला उजागर होने के बाद कई वर्षो से बंद पड़े एक हजार से अधिक खातों को लॉक कर दिया गया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में कृषि को बढ़ावा देने के लिये टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जायेगी टिश्यू कल्चर लैब के जरिये पैंतीस से चालीस साल में तैयार होने वाला पौधा कम अवधि में तैयार हो जायेगा दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी सोशल मीडिया के एडमिन और सदस्यों के लिए संयुक्त रूप से स्टैडिंग आर्डर जारी किया है इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है का संप्रेषण करने अथवा इसे फॉरवार्ड करने वाले सदस्यों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जायेगी भागलपुर दिल्ली एक्सप्रेस का ठहराव अब नवादा जिले के बारिसलीगंज स्टेशन पर भी होगा यात्रियों की मांग पर रेलवे ने यह निर्णय लिया है बिहार झारखण्ड की सीमा से सटे भदेल जंगल में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में हार्डकोर नक्सली लाल दास मोची उर्फ मुकेश रविदास मारा गया अधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि एसटीएफ की टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर तीन नक्सली को भी गिरफ्तार किया मोतिहारी में आयोजित राज्य स्तरीय सुब्रतों मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट में मधुबनी की टीम ने फाइनल में प्रेवश किया खेल गये सेमीफाइनल मुकाबले में मधुबनी ने मेजबान पूर्वी चंपारण को एक शून्य से पराजित किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरो को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सोनिया गांधी के हाथों में फिर कांग्रेस की कमान दैनिक जागरण की सुर्खी है दुआ करो ऐसी हो ईद सब हो जाएं कश्मीर के मुरीद प्रभात खबर लिखता है स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी कॉलेजों से मांगी रिपोर्ट पीजी करनेवाले डॉक्टरों को तीन साल की सरकारी सेवा देनी होगी अनिवार्य दैनिक भास्कर शीर्षक है पटना और नालंदा जिले के थानेदारों को परिवार संग रहने के लिये दो माह पर मिलेगी तीन दिनों की छुट्टी

सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया